हालांकि इनमें से तेरह हजार लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं

आगरमालवा के गोठडा और सुसनेर में एक एक मरीज पाजिटिव मिला

अशोक नगर जिले में आज तीन और कोरोना पाजिटिव मिले

लॉकडाउन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से हर रविवार प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा इस दौरान सभी बाजार कार्यालय और प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे हालांकि दूध पार्लर मेडिकल स्टोर अस्पताल इमरजेंसी सर्विस से जुड़े परिवहन साधनों पर यह आदेश लागू नहीं होगा सिर्फ लोगों के बेवजह बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि प्रदेश में किल कोरोना अभियान से हम कोरोना पर नियंत्रण कर रहे हैं लेकिन प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संकमण को देखते हुए आज टोटल लॉकडाउन किया है अनलॉक का मकसद आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाना है लोगों को सतर्कता को लेकर गंभीर होना चाहिए वहीं राजधानी भोपाल में आज रात दस बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा जबकि शेष स्थानों पर पहले की तरह ही गतिविधियां संचालित रहेंगी कोरोना अमिताभ महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं उन्हें मुम्बई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है श्री बच्चन ने टवीट कर जानकारी दी है कि उनका कोरोना टेस्ट पाजिटिव आया है वहीं उनके पुत्र अभिषेक बच्चन भी संक्रमित पाये गये हैं उन्हें भी अस्पताल में भर्ती किया गया है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डाक्टर हर्षवर्द्वन ने ट्वीट कर अमिताभ बच्चन के स्वास्थ्य की कामना की है मंत्री विभाग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर सकते हैं इसके संकेत उन्होंने कल ग्वालियर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान दिये

कांग्रेस मध्यप्रदेश में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को आज उस समय एक और बड़ा झटका लगा जब उसके विधायक प्रद्यम्न सिंह लोधी का सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल होना तय हो गया मलहरा से कांग्रेस विधायक प्रद्यम्न सिंह लोधी ने आज यहां मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी मौजूद थे मुलाकात के दौरान श्री लोधी का भाजपा में आना तय हो गया है और कुछ ही देर में इसकी औपचारिक घोषणा होने की संभावना है

स्वदेशी स्वदेशी अपनाएंआत्मनिर्भर प्रदेश बनाएं किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने हरदा में किसानों को स्वदेशी अपनाने का संकल्प दिलाया

इस दौरान लोगों को स्वास्थ्य और जनसंख्या नियंत्रण की जानकारी दी गयी

इस दौरान प्रदर्शनी के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया